न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष को इन विधायकों को जारी किए गए नोटिसों पर मंगलवार सुबह तक कोई कार्यवाही नहीं करने के आदेश दिए हैं इससे पहले इस मामले में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कैवियट दाखिल की जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया न्यायालय में सचिन पायलट तथा अन्य बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे तथा मुकूल रोहतगी ने पक्ष रखा दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की इस बीच कल वायरल हुए तीन ऑडियो क्लिपिंग के संबंध में मुख्य सचेतक महेश जोशी के परिवाद पर एसओजी ने दो केस दर्ज किये हैं इन क्लिपिंग्स में कथित रूप से सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों को खरीदने की बात सामने आयी है

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कार्यवाही के बाद कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया

उन्होंने कहा कि वे किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं वहीं आज जयपुर में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने एक संयुक्त प्रेसवार्ता में कहा कि सरकार अपनी कूर्सी बचाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है श्री पूनिया ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का इस मामले में नाम लिया जाना मानहानि है और भाजपा कानूनी राय लेकर इसपर आगे कदम उठाएगी प्रतिपक्ष के उपनेता श्री राठौड़ ने कहा कि जिस व्यक्ति ने ये आडियो टेप किए हैं और जारी किए हैं उसे गिरफतार कर उसपर कार्यवाही की जानी चाहिए इस बीच मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि वे सरकार के साथ है और सरकार गिराने की किसी मी कोशिश के खिलाफ हैं राजधानी जयपूर में आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की पूरे मामले को लेकर बैठक भी हई जिसमें वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की गयी

भारत में इस महामारी के फैलने के बाद एक दिन में संक्रमण की यह सबसे बड़ी संख्या है

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं

श्री धारीवाल ने बताया कि मानसून में नगरीय निकाय क्षेत्रों में सड़कों के किनारे सघन वृक्षारोपण किया जाएगा वक्षारोपण कार्यकम के दौरान लगाए जाने वाले सभी पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे

विभाग के निदेशक दीपक नंदी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं

ये परीक्षाएं कोरोना संकमण के कारण रदद कर दी गई थीं इग्नू के सहायक क्षेत्रीय निदेशक कमलेश मीणा ने बताया कि प्रस्तावित परीक्षाओं के दौरान डब्ल्यूएवओ केन्द्र और राज्य सरकारो द्वारा जारी किए गए सभी मानदंडो का पालन किया जाएगा

इन पर हरियाणा पुलिस ने पचास पचास हजार रूपए का इनाम घोषित कर रखा था इसमें से एक आरोपी दिल्ली काइम ब्रांच का बर्खास्त हेड कांस्टेबल है जिसने एटीएम को लूटने के लिए गैंग बना रखी है

इस गैंग ने केरल महाराष्ट्र कोलकाता गुजरात और राज्य के जोधपुर में एटीएम लूटने की कई वारदातें की है उधर हनुमानगढ जिले की संगरिया तहसील के नुकेरा गांव में मरूधरा ग्रामीण बैंक से आठ लाख की लूट हुई है बैंक मैनेजर को पिस्तौल दिखाकर लुटेरे बैंक से रूपए लूटकर ले गए कार में आए इन दोनों लुटेरों के पंजाब का होने का संदेह जताया गया है

चुरू जिले में सामान्य से अधिक बारिश हुई हे

बार बार हाथ धोयें या सेनेटाइजर से साफ करें